यह दिन शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार प्रदान करेंगे आकाशवाणी और द्रदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्यमंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

इनमें हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बियार बिझड़ी के शिक्षक नरदेव सिंह भी शामिल है नरदेव सिंह को दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है

शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण आज होने वाला राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह स्थगित किया गया है मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर आज शिमला से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्ट अप और मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी में विकल्पों के संबंध में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी भेंट प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन सविता शर्मा ने कल राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की सविता शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खाली भूमि को हरित आवरण में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी जाएगी

दुर्घटना किन्नौर जिले की सांगला तहसील में खरोगला के समीप कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से चार युवकों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हैं कल्पा के एसडीएम अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि ये सभी सांगला के निवासी हैं उन्होंने कहा कि सांगला में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रामपुर अस्पताल रैफर किया गया है दुर्घटना के करणों की जांच की जा रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

आपका फैसला वन मंत्री राकेश पठानिया के हवाले से लिखता है रोजगार बढ़ाने के लिए बहुद्देशीय गतिविधयां आरम्भ करें अमर उजाला ने ख़बर दी है शिमला से चम्बा मनाली धर्मशाला को आज से रात्रि बस सेवा बहाल इसी ख़बर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है आज से तीन रूटों पर दौड़ेगी नाईट बसें कोरोना से जुड़ी ख़बर पर हिमाचल दस्तक का शीर्षक है दो ओर लोगों की कोरोना से मौत एक कांगड़ा और दूसरी सिरमौर जिले से

पंजाब केसरी लिखता है कोरोना से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस